जांच और बिस्तरों की संख्या बढाने पर चर्चा प्रदेश के दस लाख अड़तालीस हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में भरण पोषण भत्ते की एक हजार रूपये की धनराशि भेजी गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक सात हजार आठ सौ पचहत्तर लोग स्वस्थ हुये सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार आठ सौ अट्ठावन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने की तैयारियों पर कल वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की बैठक में महामारी से निपटने की राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई और विभिन्न राज्यों तथा दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का आकलन किया गया नीति आयोग के सदस्यों और चिकित्सा आपात प्रबंधन योजना के अधिकार प्राप्त समृह के संयोजक डॉक्टर विनोद पॉल ने बैठक में मौजूदा स्थिति और कोविड नाइन्टीन के संक्रमण की संभावित स्थिति की विस्तृत प्रस्तुति पेश की सदस्यों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दो तिहाई मामले केवल पांच राज्यों में हैं बड़े शहरों की चुनौतियों को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तर बढाने और प्रमावी इलाज उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने शहर और जिलावार अस्पतालों और आइसोलेशन बिस्तरों की आवश्यकता पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों को संज्ञान में लिया उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ सलाह मशविरा करके आपात योजना बनाने के निर्देश दिए श्री मोदी ने मॉनसुन को देखते हए उचित तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता धनराशि का अंतरण किया गया इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में दस ताख अड़तालीस हजार एक सौ छाछठ श्रमिक परिवारों के खाते में भरण पोषण भत्ता पहंचाया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों के लिये प्रतिबद्ध है उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी जायेगी उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जो प्रवासी कामगार शेष रह गये है उनकी स्किल मैपिंग के साथ उनके खातों की जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जाये ताकि उनके खातों में धनराशि पहुंचाई जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारेंटीन की अवधि पूर्ण होने पर प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कार्रवाई तेज की जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानव संसाधन को उद्योग जगत की रीढ़ बताते हुए कहा कि आज यह संसाधन श्रमिकों के रूप में प्रदेश में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है उन्होंने कहा कि श्रमिकों ने अपनी मेहनत से समाज और राष्ट्र का निर्माण किया है अब उनके श्रम से उत्तर प्रदेश का नव निर्माण होगा उन्होंने औद्योगिक विकास विभाग तथा एमएसएमई विभाग को श्रमिकों को रोजगार देने के लिए समी संभावनाए तलाशने के निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों तथा सेवा प्रदाता संगठनों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप विकसित किया जाए मुख्यमंत्री लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कामगारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिकों को बीमा कवर अवश्य उपलब्ध हो उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग एक अदृश्य शत्र के साथ युद्व के समान है जब तक इसका कोई टीका अथवा दवा नहीं आ जाती तब तक इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है उन्होंने लोगों से जागरूक रहने और आयुष मंत्रालय द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर में मील का पत्थर साबित होंगे उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे गोरखप्र लिंक एक्सप्रेस वे और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे प्रदेश में आर्थिक विकास के सपने को साकार करेंगे उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने के लिये बेहतर समन्वय के साथ काम हुआ है लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेव वे के लिये पंजाब नेशनल बैंक ने श्री योगी को साढ़े सात सौ करोड़ रूपये के ऋण का चेक सौंपा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व में निवेश के लिये प्रतिस्पर्धा है इस प्रतिस्पर्धा में कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी का काफी महत्व है उन्होंने कहा कि गोरखपुर में विकास की अपार सम्भावनायें हैं श्री योगी ने कहा कि करीब पांच करोड़ की आबादी वाला गोरखपुर स्वास्थ्य शिक्षा व्यापार और रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र है उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है श्री योगी ने कहा कि पूर्वांचल के दो महत्वपूर्ण शहर वाराणसी और गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेंगे तो क्षेत्र में विकास का आधार तैयार होगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के पांच सौ तीन नये मामले सामने आये हैं जिसके बाद संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर तेरह हजार एक सौ अट्ठारह हो गयी है दो सौ छियासठ लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी प्रदेश में अब तक सात हजार आठ सौ पवहत्तर लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं कल बीस लोगों की मृत्यू के साथ कोविड महामारी से मृतकों की संख्या तीन सौ पचासी हो गयी है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार आठ सौ अट्ठावन है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी किये गये कल शाम तीन बजे तक के आकड़ों के अनुसार सबसे अधिक पचास रोगी कानपुर नगर में मिले जिले में सक्रिय मामलों की संख्या तीन सौ सत्रह हो गयी है सबसे अधिक प्रभावित गौतमबुद्व नगर जिले में उन्चास नये मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर चार सौ सोलह हो गये हैं लखनऊ में चवालीस लोगों में संक्रमण की पुस्टि हयी है यहां सक्रिय मामलों की संख्या एक सै उन्यासी है मेरठ में तेईस लोगों में संक्रमण मिला है इसके अलावा मुजफ्फरनगर में उन्नीस हापुड़ बुलंदशहर में अट्ठारह अट्ठारह बागपत में सत्रह वाराणसी गाजीपुर इटावा में सोलह सोलह आगरा में चौदह मुरादाबाद में ग्यारह अलीगढ़ में दस जौनप्र सम्भल हाथरस में नौ नौ और जालौन में आठ लोगों में संक्रमण की प्स्टि हयी केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर उन्वास दशमलव नौ चार प्रतिशत हो गई है अब तक एक लाख चौकन हजार तीन सौ तीस रोगी ठीक हो चुके हैं कल जारी आंकडों के अनुसार पिछले चौकीस घंटे में सात हजार एक सौ पैंतीस मरीज इस महामारी से स्वस्थ हए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अब तक इस बीमारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या तीन लाख आठ हजार नौ सौ तिरानवे हो गई है मृतकों की कृत संख्या आठ हजार आठ सौ चौरासी है भारत में कोविड नाइन्टीन से मृत्य दर दो दशमलव आठ सात प्रतिशत है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन के इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं सूंघने और स्वाद की क्षमता के खत्म होने को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षण में शामिल किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी दूसिलूजिमाब और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड नाइन्टीन के मरीजों की स्थिति को देखते हुए ही किया जाना चाहिए मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण से मध्यम स्तर पर संक्रमित हैं और ऑक्सीजन पर निर्मर हैं कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर निर्भर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरूआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को यह नहीं दी जानी चाहिए सामान्य तौर पर दवा देने से पहले मरीज की ई सी जी की जानी चाहिए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है नई दिल्ली स्थित आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स में जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ ए बी डे ने बताया कि कोविड नाइन्टीन से वरिष्ठ नागरिकों को खतरा है लेकिन वे क्छ सावधानियां बरत कर अपना बचाव कर सकते हैं

अपना हाथ बार बार धोते रहें मास्क का इस्तेमाल करें जिन लोगों को बीमारी है जो लगता है कि आपको कि उनको कोविड हो सकता है उनसे दूर रहें अपनी दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे खाने में जो आप रोज खाते थे वहीं खायें और दिन भर बुछ न कुछ करते रहें मोबाइल रहें चलते फ़िरते रहे बिल्कुल बेड बाउंड न हो जायें घर में रहें ये दौर भी गुजर जाएगा मुजफ्फरनगर जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुये जिलाधिकारी ने प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है